नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग लिया इस अवसर र पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा त्याग और बलिदान का रहा है

इसमें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पार्टी का ध्वज फहराया कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री नेता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारी सरकार जनता के साथ है

इन संस्थाओं में जिला परिषद का एक और पंचायत समिति के दस वार्ड शामिल है इसमें अलवर मे जिला परिषद की एक सीट और भीलवाड़ा चूरू दौसा धौलपुर कोटा नागौर पाली और सीकर जिले में पंचायत समितियो में रिक्त पदों के लिये उपचुनाव हो रहा है

यह बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं पर उपलब्ध होगा

राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने चुनाव बाँड की व्यवस्था की है

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच एल दत्तू ने कल नई दिल्ली में मानवाधिकार भवन में आयोजित समारोह में इसकी शुरूआत की आयोग के महासचिव ने कहा कि अभी इस सेवा को हर जिले में एक सर्विस सेंटर से जोड़ा गया है

बाद में चरणबद्द तरीके से इसे सभी सेंटरों में शुरू किया जायेगा अब लोग मानवाधिकार हनन की शिकायत डाक फैक्स ई मेल ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये भी दर्ज करा सकेंगे वे शिकायतों के बारे में दिशा निर्देश के लिए टोल फ्री नम्बर पर भी संपर्क कर सकते हैं

विदेश मंत्रालय ने कल पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया और सीमा पार से आतंकियों की घ्रसपैठ को पाकिस्तान के लगातार समर्थन पर गहरी चिंता व्यक्त की पाकिस्तान से भारत के र्खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने कब्जे वाले किसी भी इलाके को किसी भी रूप में इस्तेमाल न करने देने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता पर अमल करने को भी कहा गया

वे इस दौरान बीकानेर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

डॉक्टर्स एसोसिऐशन के अधिकारी ने बताया कि प्रशासन से बातचीत के बाद रेजीडेन्ट डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली गई है

कल दो मरीजों की मृत्यु के साथ एक सप्ताह में स्वाइन पलू से छह मरीजों की मृत्यु हो चुकी है विभिन्न अस्पतालों में भर्ती तीन महिलाओं समेत कुल सात मरीजों की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजीटिव आई है

ज्यादातर इलाको में तापमान दस डिग्री से नीचे चल रहा हैं चूरू में तापमान जमाव बिन्दू पर पहुंच गया है

सीकर के फर्तेहपुर मे पारा माईनस चार दशमलव दो डिग्री तक गिर गया है